मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें जेपी नड्डा बैठक उतराखंड दौरे पर पहंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं को टीम भावना से काम करने को कहा

बीजाप्र अतिथि गृह पहंचने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उनका स्वागत किया यहां उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों सांसदों विधायकों मोर्चा अध्यक्ष महामंत्री और जिलाध्यक्षों के साथ राजनीतिक परिचर्चा के अंतर्गत विचारधारा राजनीतिक ृष्टिकोण और दिशा पर उन्होंने पहली बैठक ली उन्होंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के हुए एतिहासिक कार्यों के बारे में बताया इसके साथ ही उन्होंने बूथ के छह कार्यक्रमों की समीक्षा की इसके बाद उन्होंने दायित्वधारियों जिला पंचायत अध्यक्ष महापौर और सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की बैठक ली शाम को उन्होंने हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में अंबेडकरनगर मंडल राजप्र रोड विधानसभा क्षेत्र की बैठक ली इससे पहले आज सुबह श्री नड़डा हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हए उनके स्वागत के लिए जगह जगह कार्यकर्ता उमड़े पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया

आज सुबह मीडिया से बात करते हए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास व्यक्त किया कि किसान सकारात्मक रूख अपनाकर अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे उन्होंने संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बनी रहेगी और इसलिए किसानों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है कृषि मंत्री ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है मुख्य सचिव म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा है कि सीएम डैशबोर्ड जल्द ही जिला स्तर पर भी क्रियान्वित की जाएगी उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी समस्याओं और सूझावों से अवगत कराने को कहा है सीएम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के संबंध में हई बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को प्रत्येक पखवाड़े में इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी स्तर पर प्रत्येक सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड अधिक से अधिक सिटिजन सेंट्रिक बनाया जाना चाहिए

इसमें शिकायतकर्ता जांच अधिकारी और विवेचना अधिकारी द्वारा अपना अपना पक्ष रखा जाएगा अब शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को प्लिस म्ख्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी जिससे सम्बन्धित प्रकरण की विवेचना समय पर हो पायेगी और पीड़ित को जल्द न्याय मिल सकेगा कम्प्यूटर ट्रेनिंग उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के न्यायालयों में अधिवक्ताओं के लिए कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया कल कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम्प्यूटर ट्रेनिंग का श्भारंभ किया इस ट्रेनिंग का मुख्य उददेश्य न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग अधिवक्ताओं की कम्प्यूटर की प्रयोगात्मक जानकारी में वद्धि करना है जिससे न्यायप्रणाली द्वारा किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण के कामों में सुधार हो सके यह प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा जिससे प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे सभी अधिवक्ताओं को लाभ मिलेगा अधिवक्ताओं के लिए आईटी हेल्पडेस्क की भी घोषणा की गई है इस हेल्पडेस्क पर कॉल करके कोई भी अधिवक्ता किसी भी जिले से कम्प्यूटर से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है प्रशिक्षण कार्यक्रम में न्यायमूर्ति मनोज तिवारी न्यायमूर्ति शरद शर्मा न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी रजिस्टार जनरल हीरा सिंह बोनाल और जिला जल राजीव क्मार खुल्बे भी मौजूद थे गेमिंग एडवाइजरी ऑनलाइन गेमिंग विज्ञापन पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर्स को एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि विज्ञापनों को कानून दवारा निषिद किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देना चाहिए

आय का अवसर या वैकल्पिक रोजगार के लिए विज्ञापनों में पैसे जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग पेश नहीं करनी चाहिए विज्ञापन में यह सुझाव नहीं दिया जाना चाहिए कि गेमिंग गतिविधि में लगा व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक सफल है मैखरी निधन कांग्रेस नेता और कर्णप्रयाग के पूर्व विधायक डॉ अन्सूया प्रसाद मैख्री का आज निधन हो गया वे कई दिनों से बीमार थे उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी और चमोली जिले में शोक की लहर है देहरादन स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में शोक सभा आयोजित कर दिवंगत नेता को श्रदधाजंलि अर्पित की गई विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे डॉ अनुस्या प्रसाद मैख्री के निधन पर शोक प्रकट किया है

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया

जिलाधिकारी सी रविशंकर ने आज एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि जिले में आरटी पीसीआर लैब स्थापना शासन स्तर पर विचाराधीन है जिसकी जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार टेस्टिंग बढ़ने जागरूकता कार्यक्रम और समय पर ट्रीटमेंट मिलने से रिकवरी रेट बढ़ा है होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजीटिव व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध करायी जा रही है और उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है उन्होंने बताया कि आगामी कृंभ मेले को देखते हुए आश्रम धर्मशालाओं व्यापार संगठनों विभिन्न अखाड़ों के साथ वार्ता और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे जिसमें कोरोना वायरस से बचाव सावधानियां जागरूकता संबंधी जानकारी दी जाएगी